कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जायेगा

इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाड़ का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर टीकाकरण के पूर्वाभ्यास संचालन भी देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि झारखंड सरकार भी कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरी तरह तैयार है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर सभी जिलों के सदर अस्पतालों के अलावा सुदूर क्षेत्र में स्थित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो में पूर्वाभ्यास होगा इसमें टीकाकरण से संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण स्थल पर लाभुकों के पंजीकरण माइक्रोप्लानिंग और टीकाकरण सहित संपूर्ण टीकाकरण अभियान की व्यापक तैयारियों की परख करना है

सबसे पहले लगभग डेढ़ लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का कोरोना का टीका लगाया जाएगा इसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं भी शामिल हैं इसके बाद चिन्हित दो लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के क्रम में ये प्राथमिकताएं तय कीं

इनकी अनुमानित संख्या लगभग तैंतीस लाख बयालीस हजार है मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर सभी व्यवस्थाएं तय समय पर दुरुस्त करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए इधर कोरोना टीकाकरण में सहयोग और सहभागिता को लेकर कल रांची समाहरणालय में निजी अस्पतालों के संचालकों प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सोलह हजार दो सौ उनतीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल एक सौ पन्चानबे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टडी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तेरह हजार सात सौ चालीस पहंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सो अड़तालीस रह गई है राज्यभर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार इकतालीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा एक सौ दो रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि कोरोना काल में आयुष उत्पादों की मांग तीन गुना बढ़ी है उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान सौ देशों में आयुष की आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धक के रूप में किया गया और दुनियाभर में इसकी मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है श्री नाइक ने यह बात झांसी में केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के दो विभागों का उद्घाटन करते हुए कही

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश परीक्षा तिथि और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश पात्रता में छूट देने की घोषणा की है

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद इनके संचालन के लिए राज्य सरकार ने कार्यकारी समिति के गठन करने का निर्णय लिया है इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विघटित पंचायत के मुखिया होंगे इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि नई व्यवस्था अगले छह माह या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक लागू रहेगी पंचायती राज विभाग के निदेशक आदित्य रंजन की ओर से जारी अधिसूचना में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले में कार्यकारी समिति का गठन करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की तिथि से ही मुखिया प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष समिति के पदनाम के साथ अपना पदभार संभाल लेंगे और पूर्व की तरह ही अपने पदों पर संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेंगे चतरा जिले के टंडवा स्थित एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस महानिदेशक एमवी राव की अध्यक्षता में कल शाम वरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उग्रवादी संगठनों पर लगाम की रणनीति तैयार की गई बैठक के बाद डीजीपी एमवी राव ने बताया कि नक्सली संगठनों की सारी अवैध संपति जब्त की जाएगी उन्होंने कहा कि नक्सली संगठनों की मदद करने वालों को जेल भेजा जाएगा श्री राव ने कहा कि इनामी नक्सलियों की सूचना देने पर लोगों को गुप्त रूप से इनाम की राशि दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी इस मौके पर डीआईजी एवी होमकर पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नयी दिल्ली में आठवें दौर की बातचीत होगी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चार जनवरी को हई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन तीन कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करें लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अडे रहे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनत समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई में रेल ओवरब्रिज निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा

अब यह अवधि यात्रा की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने तक कर दी गयी है यह केवल निर्धारित समय सारिणी के अनुसार रद्द की गयी गाड़ियों पर लागू है एक तीन नौ के माध्यम से या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द कराये जाने की स्थिति में यह अवधि अब यात्रा की तारीख से आगे नौ महीने तक होगी संक्षिप्त खबरें चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्द है झारखंड उच्च न्यायालय में कल रिम्स में नियुक्त ट्यूटर्स को हटाने के मामले में सुनवाई हुई इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस जारी रही मामले की अगली सुनवाई चौदह जनवरी को होगी चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित खलिहान में आग जग जाने से बड़ी मात्रा में धान और बिचाली सहित लाखों की संपति जलकर राख हो गई इस मामले में पीड़ित किसान ने अगलगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से सतर्कता को लेकर सेनेटाइजेशन अभियान चलाया गया

अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने पंचायतों में कार्यकारी समिति के गठन के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अधिकारी नहीं जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही रहेगी गांव की सरकार शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है हिंदुस्तान ने लिखा है मुखिया छह माह तक अपनी पंचायतों में प्रधान बने रहेंगे वहीं रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी पंचायती राज की कार्यकारी समिति अमेरिका के व्हाईट हाउस में हंगामें की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है महाशक्ति शर्मसार दैनिक जागरण ने लिखा है ट्रंप समर्थकों का संसद में उपद्रव अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है यूएस में घेराबंदी